राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने पीने के पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए छोटे उपकरणों को विकसित करने के वास्ते नवाचार आहवान का शुभारंभ किया और झारखंड सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है किसमस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मसीही विश्वासियों को दी शुभकामनाएं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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान मिल चुका है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है एक किसान का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान योजना और फसलों में विविधता लाने के कार्यक्रम के तहत वह अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों से बाहर बेच सकता है और अपने परिवार के लिए अधिक आमदनी कमा सकता है

केंद्र सरकार ने किसान संघों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और उनके सभी मुद्दों पर चर्चा तथा उनके समाधान की प्रतिबद्वता दोहरायी है सरकार ने किसानों से अगले दौर की बातचीत की तिथि और समय के बारे में निर्णय करने के लिए कहा है किसान संघों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा खुले दिमाग से बातचीत तथा आंदोलनकारी किसानों की मांगों के तार्किक समाधान के लिए तैयार है

इससे केन्द्रशासित प्रदेश के सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निशुल्क स्वास्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा

यह योजना पीएम जय योजना के साथ चलाई जाएगी योजना का लाभ देशभर में कहीं भी लिया जा सकेगा पीएम जय योजना के तहत सूची में शामिल अस्पताल इसके तहत सेवाएं उपलब्ध कराएंगे

इस प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है डॉक्टरों टीका लगाने वालों वैकल्पिक टीकाकरण कार्यकर्ताओं शीत भंडार प्रभारियों टीकाकरण पर्यवेक्षकों डेटा प्रबंधकों आशा कार्यकर्ता समन्वयकों और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है इस समय लक्षद्वीप को छोडकर बाकी सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का दौर पूरा हो चुका है जिसमें जिलास्तर के सात हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

प्रत्येक राज्य के दो दो जिलों के जिला अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्वाभ्यास के पांच सत्र आयोजित किए जाएंगे पूर्वाभ्यास के दौरान टीके लगाने के अलावा अन्य सभी कार्यों के संचालन की जांच हो जाएगी इसके अलावा टीका लगाने से संभावित संक्रमण की रोकथाम के लिए भी व्यवस्था की गई है जिला और प्रखंड स्तर पर निगरानी और समीक्षा का भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा भारत बायोटैक के टीके कोवैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण जारी है

उन्होंने यह भी बताया कि इस वैक्सीन की दो खुराक दी जानी है हजारीबाग जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सिन के रखरखाव के लिए आवश्यक सभी तैयारी पूरी की जा रही है उन्होंने कहा कि जिन्हें प्रथम चरण में कोरोना वैक्सिन दी जाएगी उनकी सूची भी तैयार कर ली गयी है

उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्वाजंलि अर्पित की

इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यो का वर्णन किया गया है इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अनेक सांसद इस अवसर पर उपस्थित थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की सिद्वांत आधारित राजनीति और उनका जीवन आने वाली पीढियों को प्रेरित करते रहेंगे श्री जावड़ेकर ने लोगों को सुशासन दिवस पर शुभकामनाएं दी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से टिकट आरक्षण यानी ई टिकट प्रणाली को उन्नत करने के लिए किए जा रहे कार्यो की आज समीक्षा की भारतीय रेलवे की आई आर सी टी सी वेबसाइट सभी रेलगाड़ियों में ऑनलाइन यात्री आरक्षण की सुविधा प्रदान करती है और देश के सभी नागरिकों की रेल यात्रा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने आज पीने के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए पोर्टेबल यानी उठाये जा सकने योग्य छोटे उपकरणों को विकसित करने के लिए नवाचार आहवान का शुभारंभ किया इसका मुख्य उद्देश्य कम लागत पर पोर्टेबल उपकरणों को विकसित कर उसका नया प्रभावी प्रतिरूप बनाना है ताकि घरेलू स्तर पर पीने के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए तुरंत आसानी से और सही तरीके से इसका उपयोग किया जा सके

संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निशुल्क शूटिंग करने की इजाजत दे दी है

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर भारतीय भाषा संवर्धन भारतीय परम्परा और संस्कृति स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संघर्ष लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्ति तथा एंजेसियों को शूटिंग पर लगने वाले शुल्क में छूट दी गई है

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रखरखाव वाले इन स्थलों पर अब वीडियो बनाने और फोटो लेने पर कोई शुल्क नहीं देना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर कहा कि वे स्वर्गीय निर्मल महतो के सपनों को अवश्य पूरा करेंगे मुख्यमंत्री ने आज जमशेदपुर के उलियान स्थित निर्मल महतो की मूर्ति पर माल्यार्पण किया श्री सोरेन ने निर्मल महतो की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल रोधी अभियान के तहत बालूमाथ थाना क्षेत्र से एक प्रतिबंधित नक्सली टीएसपीसी के उग्रवादी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार उग्रवादी का नाम बिगन गंझू है पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि उग्रवादियों के गतिविधि की सूचना पर झारखंड जगुआर के साथ लातेहार मनिका और बालूमाथ थाना क्षेत्र की पुलिस ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाकर इसे गिरफ्तार किया गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर हथियार के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किये गये हैं लातेहार जिले में पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र से मादक पदार्थ तस्करी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है तलाशी के बाद पुलिस ने इनके पास से आठ सौ बीस ग्राम अफीम आठ लाख पच्चास हजार रूपये नकद और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि गिरफ्तार किये गये लोग अफीम की बिकी हरियाणा और पंजाब में करते हैं राज्य सहित पूर देश में आज क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

इधर राज्य भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया